मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर संभाग के दो दिन के दौरे पर नाथद्वारा में बन रही दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का किया अवलोकन

अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट के लिये कल होगा मतदान प्रदेश में तेज सर्दी का असर सिरोही झालावाड़ धौलपुर और शेखावाटी अंचल में शीतलहर जारी

आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि लोगों को अपने मतदान की जिम्मेदारी के महत्व को समझना होगा प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक प्रभावकारी माध्यम बताया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार वर्षो में रिकॉर्ड मिशन पूरे किए गए

श्री मोदी ने स्वच्छ सुंदर शौचालय नाम के स्वच्छ शौचालयों की एक अनूठी प्रतियोगिता का जिक्र करते हए कहा कि लोग अपने शौचालयों की सफाई पर ध्यान दे रहे हैं और उसके चित्र हैशटैग माईइज्ज्तघर पर अपलोड कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मंगलवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्रों से संवाद करेंगे श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव और विचार भेजने का आग्रह किया

उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग के सिलसिले में यह बैठक बुलाई है

गौरतलब है कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह अंतिम संसदीय सत्र होगा

उसके बाद मुख्यमंत्री बांसवाडा दौरे पर पहुंचे तलवाडा हवाई पटटी पर उतरने के बाद उनका स्वागत किया गया उन्होंने त्रिपुर सुंदरी ँ के दर्शन कर राज्य में खुशहाली की कामना की लोगों से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम जनता के हित के मुददों पर काम करते हुए आगे बढेंगे मुख्यमंत्री का कल इंगरपुर जाने का कार्यक्रम है

केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे हरी इंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अजमेर चित्तौडगढ भीलवाडा और इन्दौर जाने वाले लोगो के लिये इस रेलगाडी के चलने से मार्ग सुलभ हो सकेगा

इसके लिये सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये है

जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण चूनाव के लिये ढाई हजार से अधिक पुलिस और अर्द्दसैनिक बलों को तैनात किया गया है

रामगढ़ सीट पर मुख्य रूप से कांग्रेस की साफिया जुबेर खान भारतीय जनता पार्टी के सुखवन्त सिंह और बहजन समाज पार्टी के जगतसिंह के बीच टक्कर मानी जा रही है प्रत्याशी घर घर जनसंपर्क कर अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे है

सीकर जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र के किसान जगदीश प्रसाद पारीक को खेती में नवाचारों के लिए इस प्रस्कार से नवाजा जाएगा

वहीं झालावाड जिले की असनावर तहसील के छोटे से गाव मानपुरा के किसान हुक्मचंद पाटीदार को भी जैविक खेती के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यो के लिए यह प्रुस्कार दिया जाएगा हमारे संवाददाता ने बताया कि उनकी इस उपलब्धि से जिले के किसान काफी खुश है

लेखिका मेरी बियर्ड आन्द्रे एसीमेन का विमन एण्ड पावर विषय पर सत्र हआ बाल अधिकारों पर काम करने वाले नेताओं और लेखकों ने बाल मजदूरी समाप्त करने के लिये स्थायी समाधानो पर रोशनी डाली वहीं मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोईराला ने भी केंसर का सामना करने की कहानी बया की तेजाबी हमला झेल चुकी रेशमा ने भी अपनी बात रखी रविवार का दिन होने के कारण आज जेएलएफ में खासी चहल पहल रही और बड़ी संख्या में युवा भी विभिन्न सत्रो में शामिल हुए

अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान आज दस डिग्री सैल्सियस से नीचे दर्ज किया गया हालांकि दिन में कुछ स्थानों पर धूप निकलने से ठण्ड का एहसास थोडा कम हुआ झालावाड़ सिरोही धौलपुर संहित शेखावाटी अंचल में शीतलहर का प्रकोप जारी है माउंटआबू में पारा आज फिर से जमाव बिन्द् पर पहुंच गया हमारे संवाददाता ने बताया कि कडाके की सर्दी से जनजीवन पर असर पड रहा है

सेना और पुलिस प्रशासन सीमावर्ती इलाको में छानबीन कर रही है